भारतीय रिजर्व बैंक की चालू वित्त वर्ष के लिए मौद्रिक नीति समीक्षा में मूल दरें यथावत

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज लोकसभा में उत्तर देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समस्याओं का शीघ्रता से समाधान जरूरी है और हमारे सभी फैसले सही और निर्णायक होने चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने इस सरकार के कार्यों और काम करने की रफ्तार को देखकर ही चुनाव में उसे ज्यादा बड़े जनादेश से विजयी बनाया बोडो समस्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस संबंध में पिछली सरकारों के सभी प्रयास कागजों तक सीमित रहे उन्होंने कहा कि बोडोलैंड के साथ हुआ मौजूदा समझौता कई मामलों में बहुत खास है प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपक्षीय समझौते में यह भी कहा गया है कि बोडो जनजाति के लोगों के किसी भी लंबित मुद्दे को अनसुलझा नहीं छोड़ा जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ने अनेक नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये हैं श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना से करोड़ों लोग न सिर्फ उद्यमी बने हैं बल्कि उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी प्रदान किये हैं

जो प्रमुख कंपनियां इन समझौता पत्रों का हिस्सा बनी उनमें भारत की तरफ से बीएचईएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड और विस्टा कंट्रोल शामिल थीं वहीं रूस की ओर से इमवर्शिया यूवी जेड और बीइएमएल शामिल रहीं

यहां पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन भी चल रहा है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग ले रहे है

आइसोलेशन वार्ड कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं इसी के तहत अल्मोड़ा जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारी पूरी कर ली गई है जिला चिकित्सालय में आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है और सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीजों पर खास नजर रखते हुए उनका पूरा इलाज किया जा रहा है जिला चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आरसी पंत ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से फैलता है

महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में स्थापित महिला सुरक्षा सेल में महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू की गयी है

कोई भी घटना और समस्या होने पर इस नम्बर पर संदेश फोटो या वीडियो के जरिए पुलिस मुख्यालय में स्थापित महिला सुरक्षा सेल से संपर्क किया जा सकता है झीलों की सफाई नैनीताल की नैनी झील में इन दिनों सफाई का कार्य किया जा रहा है झील की सफाई के लिए पर्यटन विभाग द्वारा दो नौकाएं नगर पालिका को उपलब्ध करायी गयी हैं

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निरन्तर सफाई से झील के पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है नैनी झील के पानी से शहर को पेयजल आपूर्ति की जाती है

इस संबंध में हुई बैठक में जिले के सभी विकासखण्डों के उन्नतशील कृ षकों को माइक्रोप्लान की पूरी जानकारी दी गई और उनके सुझाव लिए गए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रेखीय विभागों और जिले के कृषकों के साथ माइक्रोप्लान पर विस्तार से चर्चा करते हुए कृषकों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी उन्होंने बताया कि माइक्रोप्लान के तहत किसानों को फसल उत्पादन में आने वाली बधाओं को दूर करके उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादों के उचित विपणन की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि कृषकों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल सके कृषकों को नगदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पशुपालन मत्स्य पालन दुग्ध उत्पादन सहित मशरूम उत्पादन जैसी नगदी फसलों पर भी ध्यान देना होगा

वन अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने कहा कि वन पंचायतों के माध्यम से जगह जगह शिविरों का आयोजन कर वनों में आग से होने वाले नुकसान के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाएगी उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगने पर बहुमूल्य वन संपदा नष्ट होती है और वन्य जीवों को नुकसान होता है साथ ही ईंधन भी जलकर खाक हो जाता है कार्यशाला में पर्यावरणप्रेमियों ने कहा कि ग्राम प्रधानों और वन पंचायत सरपंचों की भी वनाग्नि से सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए

इस प्रयोग के परिणाम के आधार पर ट्यूलिप गार्डन की दस हेक्टेयर भूमि में डीपीआर तैयार की जायेगी ट्यूलिप गार्डन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है

इस क्षेत्र में साहसिक खेल और देशी विदेशी पर्यटकों के लिए अन्य सुविधायें जैसे ट्रैक रूट कैफेटीरिया आदि बनाये जाने की दिशा में कार्य चल रहा है नेकी की दीवार अल्मोड़ा के कलेक्ट्रेट परिसर में नेकी की दीवार की शुरुआत की गई है नेकी की दीवार के जरिए जरूरतमंद लोगों को कपड़े बर्तन आदि सामान उपलब्ध कराये जायेंगे जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने नगरवासियों से अपील की है कि वे अपने पुराने कपड़े और बर्तन नेकी की दीवार में रख सकते हैं जिससे गरीबों की जरूरत पूरी हो सके इसके साथ ही अल्मोड़ा में गरीबों और असहाय लोगों को कंबल भी वितरित किये गए विंटर गेम्स तैयारी चमोली जिले में औली विंटर गेम्स की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं

जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडेय ने बताया कि जिले में साहसिक पर्यटन और खेलों को बढ़ावा देने के लिए वाणासुर और चंडालकोट की पहाड़ियों को पैराग्लाइडिंग स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा